विश्व बैंक ने कहा है कि हाल की वैश्विक मंदी से प्रभावित होने के बावजूद भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और उसमें व्यापक संभावनायें हैं बैंक की दक्षिण एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कल वाशिंगटन में एक समाचार एजेंसी से कहा कि भारत की विकास दर विश्व के अनेक देशों से बेहतर है

किन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने के सरकार के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बैंकों द्वारा ऋण वितरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की एक महीने के भीतर यह दूसरी बैठक होगी जम्मू कश्मीर में कल दोपहर बारह बजे से राज्य के सभी पोस्ट पेड मोबाइल फोन काम करना शुरू कर देंगे राज्य में पाबंदियां हटाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है पांच अगस्त को संविधान के अनुछेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों को हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद से जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं बंद कर दी गई थीं केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीर घाटी को पर्यटकों के लिए खोले जाने का परामर्श जारी करने के कुछ ही दिन बाद मोबाइल फोन के बारे में यह फैसला लिया गया घाटी में सत्रह अगस्त से कुछ टेलीफोन लाइनों से प्रतिबंध हटाए गए थे और चार सितम्बर से सभी लैंडलाइन फोन सेवा काम कर रही है

विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कल श्री अवस्थी ने पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ साथ बघाओं के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यूपीडा द्वारा एक मोबाइल एप लांच किया जायेगा जिसके जरिये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति देखी जा सकेगी इस एप के माध्यम से आम जनता भी एक्सप्रेस वे की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी बैठक में यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्माण कम्पनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के आसपास के गाजियाबाद फरीदाबाद और नोएडा जैसे क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कल कहा था कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली में धुंआ पहुंच रहा है जिससे वायु गुणवत्ता में गिरावट आ रही है

भाजपा के एक नेता की हत्या के बाद पंकज कुमार को पद से हटा दिया गया था गृह विभाग के अनुसार हत्या की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहे राज्य सरकार ने जिलाधीश माला श्रीवास्तव को भी काम में लापरवाही के आरोप में पद से हटा दिया है आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर लोगों को बघाई दी है उन्होंने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार भारत के इतिहास में रचे बसे हैं जिनके बल पर भारत की परंपरा और संस्कृति फली फूली है श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के स्तभ महर्षि वाल्मिकि के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे